शहडोल सर्किल में इसे लेकर व्यापक तैयारी की गयी है

जीएसटी विभाग द्वारा संघन चेकिंग अभियान भी शुरु किया जा रहा है इसके लिये इंस्पेक्टर और एसटीओ की डियूटी लगायी गयी है

सामान खरीदने बेचने के अलावा सामान का परिवहन करने वाले से भी जुर्माना वसूली का प्रावधान है

जोघपुर सेंट्रल जेल के परिसर में आसाराम के खिलाफ सुनवाई में न्यायाधीश ने एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया फैसले के चलते प्रदेश में मी पुलिस सतर्क रही फैसले के बाद आसाराम के समर्थक हंगामा न कर पाए इसलिए छिंदवाड़ा इंदौर और भोपाल में आसाराम के आश्रमों के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है भोपाल में भी जगह जगह पुलिस के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है

इस परियोजना के पूरे हो जाने से ग्रामीण सड़कें टिकाऊ और सुरक्षित हो जाएंगी तथा राज्य सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क का बेहतर प्रबंधन कर सकेगी एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य के दस हजार पांच सौ किलोमीटर सड़कों को इस परियोजना के तहत लाया जाएगा ये सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं ग्रामीण सड़क सम्पर्क के विकास से राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और समाज सभी वर्ग को इससे लाम पहुंचेगा सिंधिया दावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश में इस दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि दिसम्बर के बाद वह सभी निर्माणाधीन अधूरे पड़े काम पूरे होंगे जो उनके संसदीय क्षेत्र में मौजूदा प्रदेश सरकार ने पूरे नहीं कराए हैं श्री सिंधिया ने शिवपूरी में संवाददाताओं से कहा कि जिन कामों में प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप नहीं है वे अपने समय पर चल रहे हैं जबकि सीवर प्रोजेक्ट और शिवपुरी की सिंधू नदी जल आवर्धन योजना प्रदेश सरकार के अंतर्गत है इसलिए इनका काम समय निकलने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप या माई जीओवी के ओपन फोरम पर भेज सकते हैं संदेश टोल फ्री नम्बर पर हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं मलेरिया आज विश्व मलेरिया दिवस है इस मौके पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के जिलों में मलेरिया बीमारी पर नियंत्रण के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इन्दौर में मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं शिवपुरी जिले में लारवा को नष्ट करने के लिए सघन अभियान शुरू किया गया है

युवती छेड़छाड़ इंदौर की एक युवती द्वारा रविवार को किये गये ट्वीट से सामने आये छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पेशे से मॉडल बताई जा रही युवती ने ट्विटर पर बताया था कि रविवार रात अपने दुपहिया वाहन से चलते वक्त दो युवकों युवकों ने उनसे छेड़खानी की थी उसने दुर्घटना के बाद अपने शरीर पर आई चोट की भी तस्वीर पोस्ट की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए ट्विटर पर ही इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे

शहडोल में तालाब संरक्षण का काम एक बार फिर शुरू हो गया है